त्रिप्रा विधानसभा चूनाव में प्रचंड बहमत मिलने और नगालैंड व मेघालय में भाजपा लहर पर राज्य पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को दी बधाई

ऊंची चोटियों पर हिमपात व कई जगह पर वर्षा से मौसम में ठंडक

नूरपूर में आज एक जनसभा में उन्होंने इसके लिए पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि इलाके में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने में हर संभव मद्द की जाएगी खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार विधायक राकेश पठानिया विक्रम जरयाल रीता धीमान अर्जुन ठाकुर राजेश ठाकुर व अरूण कुमार सहित अनेक अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे होली उत्सव इस बीच पालमपुर में बीती रात होली उत्सव के समापन समारोह में जयराम ठाकुर ने कहा कि होली भाईचारे की भावना को बढ़ाने में मदद करती है और सभी लोग मतभेद भुलाकर इस उत्सव को मनाते हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में पालमपुर शहर की नगर निगम की मांग पर सरकार विचार करेगी सांसद शांता कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि मॉडल छोटे किसानों और विशेषकर बागवानी के लिए अधिक कारगर है और इससे किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद मिलेगी मुख्यमंत्री बघाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमितशाह को बधाई दी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना साकार हो रहा है जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिर से देश की बागडोर संभालेंगे बधाई उधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सांसद शांता कुमार वीरेन्द्र कश्यप व राम स्वरूप शर्मा और अन्य नेताओं ने कहा कि इस जीत से स्पष्ट है कि देश में न केवल भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है बल्कि जनता ने विपक्षी दलों के दुष्प्रचार को भी दरकिनार किया है इन नेताओं ने कहा कि भाजपा की यह जीत कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार करेगी धुमल इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कमार ध्मल ने कहा कि भाजपा की जीत का श्रेय सुदृढ संगठन और केंद्र की विकासात्मक नीतियों को जाता है एक बयान में उन्होंने इसे शांति और अहिंसा की डर के उपर जीत बताया धूमल ने कहा कि लोकहितकारी कार्य प्रणाली और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कुशल नेतृत्व से ही पार्टी शिखर की ओर अग्रसर है अनुराग ठाकुर इधर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इस जीत को देश में गुड गवर्नेंस का नतीजा बताया है उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में भाजपा को विजयी बनाकर जनता ने केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों पर मोहर लगाई है अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनडीए सरकार के लिए पूर्वोत्तर की जनता का विकास अहम है और किसी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को पहली बार प्राथमिकता दी है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग को नाहन क्षेत्र में खैरी का खाला खड्ड और मारकंडे नदी पर निर्माणाधीन पुलों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं

बिंदल ने बताया कि काला अम्ब से बिक्रम बाग बोहलियों क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि समाज में हर व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित बनाना सरकार की प्राथमिकता है वे आज ऊना ज़िले के भटोली में एक शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भविष्य में रोजगार मेले लगाए जाएंगे भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि संस्थान में एमबीए व एमसीए की कक्षाएं शुरू करने का मामला सरकार से उठाया जाएगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी शिमला ज़िले में ठियोग जुब्बल कोटखाई और रोहड़ में आज अभिनंदन समारोहों में उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इस दिशा में कई कार्यकम व योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया जा रहा है उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं भी सूनीं

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ख्रशीराम बालनाहटा ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा है इधर ठियोग उपमंडल के जबराली गांव में आज दोपहर हुए अन्य अग्निकांड में लकड़ी से बना दो मंजिला मकान जलकर राख हो गया देवदार प्रेमी सिरमौर ज़िले में पच्छाद इलाके के फागु में देवदार का हरा भरा वन तैयार करने का संकल्प लेने वाले शेरजंग चौहान की मेहनत रंग लाई है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पर्यावरण प्रेम की एक अनूठी मिसाल पेश की है

वर्षो तक इस दिशा में किए प्रयास से आज फागू में देवदार के पेड़ों का एक सुंदर वन नज़र आता है फागू क्षेत्र के वातावरण को देवदार उगाने के लिए उपयुक्त न मानने वाले भी आज शेरजंग चौहान की सफलता के आगे नतमस्तक हैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत शेरजंग चौहान की डगर शुरूआत में भले ही कांटों भरी रही मगर सही मार्गदर्शन से फिर वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए शिशू शर्मा शांतल आकाशवाणी समाचार शिमला

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी जनऔषधी सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में स्थापित जनऔषधी केंद्र में सस्ती दवाईयां न मिलने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

ऐसे में मरीजों को भारी भरकम दाम पर बाजार से दवाईयां खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस समिति का राज्य स्तरीय अधिवेशन आज मण्डी में हुआ जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी रंजीता रंजन अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं का मार्ग दर्शन किया इसमें केंद्र सरकार के अब तक के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा की गई हमारे संवाददाता के अनुसार अधिवेशन में कांग्रेस प्रभारी सुशील कुमार शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अलावा उनके समर्थकों ने भी हिस्सा नहीं लिया मुलाकात ओलंपिक खिलाड़ी शिवा केशवन ने आज शिमला में खेल व वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात की राज्य में शीतकालीन खेलों के लिए पर्याप्त अधोसंरचना के विकास का उन्होंने आग्रह किया गोविंद ठाकुर ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक बर्फीली ढलाने है और शीतकालीन खेलों की अपार संभावनाए हैं उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन खेलों को बढ़ावा देने का राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी मौसम ऊंची चोटियों पर हिमपात का कम रूक रूक कर जारी है जिससे जनजातीय इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है केलंग से हमारे सम्वाददाता के अनुसार लाहौल स्पिति जिले की उंची चोटियों पर दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है इसी तरह राज्य के अन्य भागों में बादल छाए हुए हैं और किन्नौर समेत कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी हुई है राजधानी शिमला व इसके आस पास के क्षेत्रों में भी आज दिन भर बादल छाए रहे

निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है पैट्रोल पम्प लाहौल घाटी के तांदी छुरपक स्थित एक मात्र पैट्रोल पम्प के दिसम्बर से बंद होने पर लोग विशेषकर टैक्सी चालक परेशान हैं टैक्सी चालकों के अनुसार उनके पास तेल का स्टॉक खत्म है और पम्प न खूलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है घाटी में बिजाई का कार्य शुरू होने को है ऐसे में पैट्रोल न मिलने से किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को खेती की उन्नत तकनीकी व मशीनरी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है कांगड़ा में आज उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उत्पाद के विपणन की उचित व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं